बजट वित्तमंत्री पियूष गोयल ने कल लोकसभा में मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया वित्तमंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देने तथा उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से छह हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे यह राशि दो दो हजार रूपये कर तीन किश्तों में जमा की जायेगी

बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये कर दी गई है वहीं भविष्य निधि विशेष बचत और बीमा में निवेश करने पर ये सीमा साढ़े छह लाख रूपये तक हो जाएगी वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रूप में एक नई योजना के अंतर्गत साठ वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तीन हजार रूपये मासिक की पेंशन प्रदान की जायेगी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा वित्तमंत्री ने पांच वर्ष से अधिक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युंटी को बढ़ाकर तीस लाख रूपये करने की घोषणा की है बजट को सत्तापक्ष ने जहां ऐतिहासिक बताया है वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करारा दिया है

स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पालकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव शोभित जैन ने बताया है कि शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक मीटिंग आयोजित करने का मकसद पालकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी देना और स्कूल की अकादमी गतिविधियों से अवगत कराना है साथ ही उनके सुझाव प्राप्त कर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का प्रयास भी किया जायेगा

निर्धारित समय के बीच पालकगण अपनी सुविधा के अनुसार मीटिंग में भाग ले सकेंगे उमरिया में भी आज आयोजित पालक शिक्षक मीटिंग में विद्यार्थियों की अर्द्ववार्षिक परीक्षा और प्रतिभा पर्व की कापियां पालकों को दिखाई जायेंगी और परिणाम की जानकारी देकर बताया जायेगा कि विद्यार्थी को किस विषय में अधिक अभ्यास की आवश्यकता है मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हई मंत्रि परिषद की बैठक में एकलव्य पॉलीटेक्निक योजना के तहत प्रदेश के तीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मण्डला झाबुआ और हरसूद में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्राइंग स्टेशनरी पुस्तकें छात्रवृत्ति और भोजन दिया जाएगा

अमृत योजना अमृत योजना के तहत प्रदेश के शहरों में क्लस्टर आधारित बस संचालन के लिये सर्व सुविधायुक्त बस स्टैण्ड बनाये जायेंगे भोपाल में समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने बस स्टैण्डों का निर्माण समय सीमा में करवाने के निर्देश दिये बस स्टैण्ड पर बसों में चढ़ने और उतरने के लिये बस वे का निर्माण बसों के लिये पार्किंग एरिया टिकिट काउंटर के लिये स्थान और यात्री प्रतीक्षालय बनाये जायेंगे इसके साथ ही यात्रियों के लिये बस स्टैण्ड में स्वल्पाहार की सुविधा प्रसाधन कक्ष की सुविधा पेयजल बस चालक एवं परिचालक विश्राम के लिये डोरमेट्री और दिव्यांगों के लिये जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी

दुर्घटना उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के सैनी ैक्षेत्र में बीती रात हुई उत्तरप्रदेश पुलिस के मुताबिक कानपुर प्रयागराज मार्ग पर अजुवा कस्बे के पास कार का टायर फट गया और बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी और चली गई जहां उसे सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सभी छह लोगों की मृत्यु हो गई मृतकों में सागर निवासी कथावाचक राम सहाय दुबे की ही शिनाख्त हुई है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है अपने ट्वीट संदेश में श्री नाथ ने पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएँ व्यक्त की हैं

चिकित्सालय में केथ लैब खुलने के बाद यह पहली सर्जरी है जो चिकित्सालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इसी के साथ हमीदिया चिकित्सालय प्रदेश का ऐसा ऑपरेशन करने वाला पहला चिकित्सालय बन गया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने अधिष्ठाता डॉ अरूणा कुमार सहित कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की टीम डॉ प्रवीण शर्मा डॉ शिवसागर मांडिया डॉ आरपी कौशल डॉ श्वेता श्रीवास्तव और विनय केलकर को महत्वपूर्ण सर्जरी कर हमीदिया चिकित्सालय का नाम रौशन करने पर बधाई दी है सोमवती अमावस्या सोमवती अमावस पर्व पर सोमवार चार फरवरी को उज्जैन में क्षिप्रा नदी में श्रद्वालुओं के स्नान के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा इसके लिये नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना का निर्बाध संचालन किया जा रहा है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल सोमवती अमावस पर्व पर श्रद्धालुओं को स्नान के लिये पर्याप्त जल सुनिश्चित करने की परियोजना के संचालन की व्यवस्थाओं की सतत् मानिटरिंग कर रहे हैं उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल ने गत दिनों क्षिप्रा नदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना के सभी पक्षों का स्थल निरीक्षण किया श्री अग्रवाल ने क्षिप्रा के उद्गम स्थल ग्राम उज्जैनी में प्रवाहित जल क्षिप्रा बैराज से उज्जैन में क्षिप्रा के घाट तक जल प्रवाह व्यवस्था का भी निरीक्षण किया

दिन में तेज ध्रप खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई वहीं रात में अभी भी सर्दी का असर बरकरार है

मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होने का अनुमान जताया है